कहा अनलॉक का मतलब स्वतंत्रता नहीं है प्रदेश सरकार ने कल से विभिन्न गतिविधियों में दी जाने वाली छूट के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किये धार्मिक स्थलों में एक समय में पांच से अधिक लोगों के प्रवेश पर रहेगी रोक होटलों और रेस्त्रां में भीड़ जुटने वाले कार्यक्रम आयोजित नहीं किये जायेंगे सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना होगा प्रदेश के पूर्वी अंचलों में कल दिन भर बादल छाये रहने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली आज भी मौसम सुहावना बना रहेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए हर स्तर पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है उन्होंने कल से प्रदेश में विभिन्न गतिविधियों में मिलने वाली छट के सम्बंध में कहा कि अनलॉक का मतलब स्वतंत्रता नहीं है श्री योगी ने सामाजिक दूरी के नियम का अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक लोग इकट्ठा न हों लखनऊ में कल अपने सरकारी आवास पर अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हए श्री योगी ने कहा कि अन्य राज्यों से वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों का योगदान प्रदेश के नव निर्माण में लिया जाए श्री योगी ने कहा कि श्रमिकों को जिला स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया जाए उन्होंने प्रदेश में पंद्रह से तीस जून के बीच एक करोड़ मानव दिवस सृजित करने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं प्रदेश सरकार ने राज्य में कल से खुलने जा रहे धार्मिक स्थलों शॉपिंग मॉल होटलों और रेस्त्रां के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं इनमें केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पहले जारी किये जा चुके दिशा निर्देशों की ज्यादातर बातें शामिल की गई हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिशा निर्देशों के अनुसार धार्मिक स्थलों में एक समय में पांच से ज्यादा लोगों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी धार्मिक स्थलों को इस बारे में स्थानीय प्रशासन के आदेशों के अनुरूप व्यवस्था करनी होगी सभी धार्मिक स्थलों के प्रवेश द्वार पर सेनेटाइजर रखना अनिवार्य होगा बिना कोविड नाइन्टीन के लक्षणों वाले लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा इसके साथ ही हर किसी के लिए मास्क पहनना भी जरूरी होगा मूर्तियों को छना प्रतिबंधित रहेगा और चढ़ावे को प्रसाद के रूप में वितरित नहीं किया जाएगा इसके साथ ही सामूहिक गान के स्थान पर रिकार्डेड भजनों का इस्तेमाल होगा शॉपिंग मॉल और रेस्त्रां के लिए भी दिशा निर्देश जारी किये गए हैं मॉल में एस्केलेटर का इस्तेमाल करने के लिए एक सीढ़ी की दूरी बनाकर रखनी होगी होटलों तथा रेस्त्रां में ऐसे कार्यक्रम नहीं आयोजित किये जा सकेंगे जिनमें भीड़ ज्टे फूड कोर्ट या रेस्त्रां में बैठने की जगह का केवल पचास फीसदी ही इस्तेमाल होगा ग्राहकों के टेबल छोड़ते ही इसे सेनिटाइज करना अनिवार्य किया गया है होटलों में डाइनिंग हॉल के स्थान पर रूम सर्विस को बढ़ावा देने और अतिथियों के सामान को उनके कमरों में भेजने से पहले कीटाणुरहित करने को कहा गया है इन स्थानों पर सभी सीसीटीवी कैमरे लगतार कार्यरत होने चाहिए पैंसठ वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों गर्भवती महिलाओं और दस वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह दी गयी है सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा आरोग्य सेतु ऐप और आयुष कवच कोविड ऐप का उपयोग करने को कहा गया है बैठकों के लिये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपनाने और वातानुकूलन का तापमान चौबीस से तीस डिग्री के बीच रखने की सलाह दी गयी है प्रदेश में इस समय कोविड नाइन्टीन संक्रमण के तीन हजार नौ सौ सत्ताईस सक्रिय मामले हैं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अभित मोहन प्रसाद ने कल बताया कि अब तक राज्य में दो सौ अड़सठ लोगों की इस संक्रमण से मृत्यु हुई है पांच हजार नौ सौ आठ रोगी उपचार के बाद ठीक हो गए हैं प्रदेश में कोविड नाइन्टीन के कुल मामले बढ़कर दस हजार एक सौ तीन हो गये हैं केन्द्र सरकार ने कहा है कि देश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर अड़तालीस दशमलव दो शून्य प्रतिशत हो गई है और स्वस्थ व्यक्तियों की संख्या एक लाख चौदह हजार तिहत्तर तक पहुंच गई हैं पिछले चौबीस घंटों में चार हजार छ सौ ग्यारह मरीज स्वस्थ हुए हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कल कहा कि पिछले चौबीस घंटों में नौ हजार आठ सौ सत्तासी मरीजों में कोरोना की पुष्टि होने के साथ ही देश में कोविड से संक्रमित लोगों की संख्या दो लाख छत्तीस हजार छः सौ सत्तावन हो गई हैं देश में कोरोना महामारी की श्रूआत होने के बाद एक दिन में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की ये सबसे अधिक संख्या है पिछले चौबीस घंटों में कोरोना से दो सौ चौरानबे लोगों की मौत हुई हैं इस महामारी से मरने वालों की संख्या अब छः हजार छः सौ बयालीस हो गई हैं देश में कोरोना से मृत्यु दर दो दशमलव आठ शून्य प्रतिशत है राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के हस्ताक्षर के साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और किसानों की मदद के लिये दो अध्यादेश लागू हो गए हैं ये अध्यादेश हैं कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य प्रोत्साहन और सुविधा अध्यादेश दो हजार बीस तथा मूल्य आश्वासन और कृषि क्षेत्र सेवा अध्यादेश दो हजार बीस केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में इन दोनों अध्यादेशों को मंजूरी दी थी ये अध्यादेश कृषि उपज के निर्बाध व्यापार को सुगम बनायेंगे और किसानों को उनकी पसंद के प्रायेाजकों के साथ जुड़ने के लिये सशक्त करेंगे नरेन्द्र मोदी सरकार ने हाल में अपने दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूरा किया है इस दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूलों और कॉलेजों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाये है शिक्षा के क्षेत्र में विश्वस्तरीय संस्थाएं बनाने के लिए दो हजार उन्नीस बीस में चार अरब रुपये आवंटित किये गये है इसके अलावा प्रतिभावान प्रवासी भारतीयों को वापस लाने तथा भारतीय संस्थाओं में अनुसंधान कार्य करने के लिए भी कई कदम उठाये गये हैं सरकार ने युवाओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करने तथा नवाचार और जिज्ञासा की भावना विकसित करने के लिए अटल नवाचार मिशन गठित किया है सरकार देश की उच्चतर शिक्षा प्रणाली में बदलाव के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी ला रही है जोकि विश्व की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा पद्वतियों में एक होगी मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विद्यार्थियों अध्यापकों और उनके परिवारों को मनोवैज्ञानिक समर्थन देने तथा उनके मानसिक स्वास्थ्य की देखमाल के लिए मनोदर्पण नाम की पहल भी शुरू की है इसके अलावा देशभर के बयालीस लाख सरकारी शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए निष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत की गई इस कार्यक्रम के तहत दो हजार उन्नीस बीस में प्राथमिक स्तर पर सत्रह लाख स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया वहीं स्कूली शिक्षा के लिए ऑनलाइन जंक्शन शगुन की शुरुआत की गई उच्च स्तरीय शिक्षा का प्रसारण करने के लिए स्वयंप्रभा टीवी चैनल की शुरुआत की गई और इसके माध्यम से बत्तीस निःशुल्क चैनलों द्वारा विद्यार्थी घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं पिछले एक साल में इकत्तीस नये केन्द्रीय विद्यालय खोले गए और नौ नये नवोदय जवाहर विद्यालय को कार्यात्मक बनाया गया पहली से आठवीं कक्षा तक के आठ करोड़ से अधिक बच्चों को निःशुल्क वर्दी प्रदान की गई वहीं मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एक सौ बीस करोड़ रुपये मंजूर किए गए इसके अलावा अल्पसंख्यक संस्थानों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए इकहत्तर करोड़ रुपये जारी किए गए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में हिमालय में पवित्र गुफा के लिए इस वर्ष होने वाली स्वामी अमरनाथ जी यात्रा के लिए वैदिक मंत्रोच्चार और हवन के साथ प्रथम पूजा संपन्न की गई कोविड नाइन्टीन महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति को देखते हुए प्रथम पूजा का स्थान कश्मीर के चंदनवारी से बदल कर जम्मू के चैतन्य आश्रम किया गया है यहां शुक्रवार को सभी रीति रिवाज मास्क पहनकर और परस्पर सुरक्षित दूरी के मानकों का पालन करते हुए संपन्न किए गए प्रदेश के पूर्वी अंचलों में कल दिन भर बादल छाये रहने से मौसम सुहावना बना रहा पिछले तीन दिनों के दौरान हुई बूंदाबांदी से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गयी जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली गोरखपुर में अधिकतम तापमान पच्चीस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान बाईस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के पूर्वी अंचलों और पश्चिमी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में बादल छाए रहने का अनुमान जताया है कहीं कहीं गरज चमक के साथ बूंदाबादी भी हो सकती है कल से अगले दो दिनों तक मौसम साफ रहने का अनुमान है सरकार ने सोशल मीडिया में लगातार आ रही इस खबर को गलत बताया है कि कोविड नाइन्टीन के इलाज में एस्प्रिन दवा काफी कारगर है सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोविड नाइन्टीन एक तरह के विषाणु से होने वाला संक्रमण है जिसके प्रभावी इलाज के लिए अभी तक कोई विशेष दवा नहीं खोजी जा सकी है केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा है कि अराजपत्रित पदों पर भर्ती के लिये ऑनलाइन सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी सरकारी नौकरियों के लिये उम्मीदवारों की मुश्किलों को कम करेगी उन्हॉने वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से डिजिटल पुस्तक आरम्म का विमोचन और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की उपलब्धियों का जिक्र करते हुये यह बात कही